केन्द्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि केन्द्र दवारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृदधि की घोषणा से विपक्षी दलों की किसानें को ग्मराह करने वाले आधारहीन राजनीति स्वत ही बेनकाब हो गई है आज अम्बाला में अजारी एक प्रेस विज्ञाप्ति में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है कृषि सम्बधित विधेयकों के पारित होने से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाने जैसी किसानों के बीच भ्रांतिया फैला रहे विपक्षी दलों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से स्पष्टा संदेश है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की प्रणाली पूर्णतः अप्रभावित रहेगी केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक राजयों के कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम को किसी तरह प्रभावित नहीं करता यह विधेयक कृषि विपणन समिति परिसर के बाहर अतिरिक्त व्यापार की अनुमति देता है इस विधेयक से किसानों के पास उपलब्ध विकल्पों को परस्पर जोड़ा जा सकेगा किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ उत्पादन की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौतों में प्रवेश कर सकेंगे विपण्न श्रंखला छोटी होने से उपभोक्ता व किसानों दोनों का लाभ होगा किसानों की लागत व समय दोनों की बचत होगी और उनकी आय में भी वृदधि होगी केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वसन और कृषि सेवा कर करार विधेयक के अंतर्गत समझौते से किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की स्विधा होगी किसी कारण से मूल्य भ्गतान न होने पर ज्र्माने का प्रावधान होगा प्रत्येक व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन दिनों के भीतर किसान को उसका भ्गतान करना होगा वहीं न्यूनतम समर्थन मुल्रू की संरचना पर इस विधेयक का कोई असर नहीं होगा यह विधेयक किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलक्ष्य करवाता है जहां किसान किसी भी विवाद की स्थिति में उपमंडलाधीश के पास जा सकता है कोई भी बकाया राशि होने की स्थिति में किसानों की ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी कन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि विधेयकों में कृषि क्षेत्र के लिए नये बाज़ारों के विस्तार की संभावनायें बढ़ेगी श्री माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड देश विदेश के श्रदधालुओं केा पवित्र स्थल के सीधे दर्शन करवाने के लिए एक मोबाइल एप्प शुरू करने की योजना बना रहा है

इसके साथ ही यह मोबाइल एप्प द्निया भर में रह रहे श्रद्धाल्ओं को अक्ति और परम आनंद का व्यक्तिगत अनुभव लेने में सहायक होगी और श्रद्धाल्ओं को यात्रा के दौरान भी अमृत वेला दर्शन की सुविधा मु्हैया करवायेगी

वहीं कोविड मरीज़ों के दोग्णा होने का समय भी बढ़ गया है

आज पंचकूला जिले मे एक कोविउ मरीज़ सिरसा जिले में दो अम्बाला जिले में तीन और फरीदाबाद जिले मे एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुई है हरियाणा सरकार दवारा आज हरियाण वीर एवं शहीदी दिवस मनाया गया इस अवसरों पर सभ्ी जिलें मे शहीदों के परिवारों और यदध में बहादरी के लिए शौर्य प्रस्कार पाने वाले सैनिको को सम्मानित किया गया एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों को भी ब्लाया गया

रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आज शहीद स्मारक पर पृष्प च्रक अर्पित कर शहीदों को श्रदधांजलि दी गई वहीं यमुनानगर मे दीप प्रजवालित कर उन्हें श्रद्धास्मन अर्पित किये गये वहीं अम्बाला में गृहमंत्री अनिल वजि ने अमर शहीद राव तुलाराम को याद करते हये शहीदों को श्रदधांजलि दी केन्द्रीय योजना सांख्यिकी राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के अवसर पर प्रथ्म स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी राव त्ला राम की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर तलाराम पार्क में स्मारक स्थल पर श्रद्धास्मन अर्पित किये फरीदाबाद भिवानी पलवल फतेहाबाद और सिरसा से भी शहीदों को याद किये जाने के समाचार मिले है

एक टवीट मे श्री मोदी ने कहा कि देशभर के लोगों से विभिन्न प्रकार के सुझाव मिलना मन की बात कार्यक्रम की सबसे बड़ी शक्ति है श्री मोदी ने कहा कि लोग ख्ले मंच नमो एप्प या माई गोव पर अपने विचार सांझा कर सकते है

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष जलाने पर अंकृश लगाने के लिए पिछले साल अवशेष जलाने की घटनाओं के आधार पर सभी जिलों में लाल पीले नारंगी और हरे रंग के जोन बनाए हैं